विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते आठ अप्रैल के उस आदेश में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया था कि हर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र के बजाए किन्हीं पांच मतदान केंद्रों की इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों का मिलान किया जाए लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है छठे चरण में सात राज्यों की उन्सठ संसदीय सीटों के लिए चुनाव होगा प्रदेश में बारह मई को जिन चौदह संसदीय सीटों के लिये मतदान होगा वे हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीषहर और भदोही इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की चौदह सीटों में से दो सीटें मछलीषहर और लालगंज सुरक्षित सीट हैं आज बस्ती लोकसभा क्षेत्र के बैड़वा मंदिर पर आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा गठबन्धन और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ही देष का विकास कर सकती है मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिश्ठ नेता योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में पचपन वर्षो तक शासन करने के बाद देश का सम्मान गिराया है जबकि भाजपा सरकार ने देश के सम्मान को बचाने का कार्य किया है मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याषी हरीश द्विवेदी को लोगो से जिताने की अपील किया भाजपा प्रत्याशी व केन्द्रीय मंत्री मेनका गाँधी ने कहा कि इस चुनाव से न तो मोदी का भविष्य बदलने वाला है और न ही मेरा यह चुनाव आप लोगो के भविष्य को सुधारने का काम करेगा केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया ने भाजपा प्रत्याशी मेनका गाँधी के लिए वोट मांगते हुए कहा कि इनका जीवन संघर्षो भरा है निश्चित रूप से वह सुल्तानपुर के विकास के लिए वह समर्पित रहेंगी अनुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए सारे दल एक हो गए हैउनका क्या यही दोष है कि पाँच वर्षों के कार्यकाल में एक भी भ्रष्ट्राचार नही हुआ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सैंतीस सैंतीस सीटों पर चुनाव लड़ रहे दलों के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे है श्री शाही ने आज मऊ में पत्रकारों से बातचीत में सपा बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले पन्द्रह वर्षो में इन दलों की सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर थी जिसे देखते हुए जनता उन्हें पुनः अवसर नही देने वाली है उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनाव उम्मीदवार नही बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने आज जौनपुर जिले के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्व विद्यालय के मैदान में जौनपुर संसदीय सीट के गठबंधन प्रत्याशी श्याम सिंह यादव और मछलीशहर संसदीय सीट से गठबंधन प्रत्याशी टी राम के पक्ष में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास का कोई कार्य नहीं किया है उन्होंने प्रधानमंत्री पर पिछले चुनाव में किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को खेती की लागत का डेढ़ गुना मुनाफा और आय दोगुना करने का वादा किया था लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण किसान बर्बाद हो गया बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता को आगाह करने आये है कि भाजपा और कांग्रेस के चुनावी प्रलोभन में न आयें क्योकि देश मे आजादी के बाद से केन्द्र व राज्य में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश की यह हालत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बासवेश्वर की जयंती पर उनका स्मरण किया उन्होंने कहा कि महान विचारक और समाज सुधारक भगवान बासवेश्वर ने अपना जीवन समाज को अधिक समावेशी बनाने में लगाया प्रधानमंत्री ने परशुराम जयंती पर भी देशवासियों को बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी ने सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के बारे में कथित रूप से बात करने वाले वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर से क्षमा मांगने की मांग की है नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने इस मामले में विपक्ष के मौन रहने पर सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया आज विश्व अस्थमा दिवस है इसका उद्देश्य अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे विश्व में इस रोग से पीड़ित लोगों के जीवन में बेहतरी लाना है